तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मुख्य मंत्रियों से करेंगे बातचीत

महिला जागरूकता अभियान महिला अपराध उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है इसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे इस दौरान समारोह में महिला अपराधों को रोकने और पीड़िता की सहायता करने वालों को सम्मानित किया जाएगा

अभियान का प्रतीक चिन्ह श्मंकर ग्रंडडी होगा जो न केवल अपनी सुरक्षा के लिये सजग है अपित् द्रसरों को भी सचेत करती है कार्यक्रम में भारतीय ओलंपियन क्वालिफाइड निशानेबाज मनु भाकर और अभिनेता अक्षय कुमार का वीडियो प्रजेंटेशन होगा अभियान में निबंध चित्रकला वाद विवाद प्रतियोगिता और महिला सुरक्षा गान का आयोजन होगा

इसकी तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे

राष्ट्रीय नियामक भारत के औषधि महानियंत्रक ने दो टीकों कोविशील्ड और कोवाक्सिन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है इन टीकों को रोग प्रतिरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित समझा गया है

युवा महोत्सव रिजिजू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो काफ्रेसिंग के माध्य्म से संबोधित करेंगे इसके साथ ही संसद के केन्द्रीय कक्ष से एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम युवा उत्सव नये भारत का शुरू होगा इस समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय कर रहा है मंत्रालय हर साल भारत युवा शक्ति के प्रतीक स्वानमी विवेकानन्द की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन करता है इस वर्ष समारोह का आयोजन वर्च्यअल तरीके से किया जा रहा है और सभी राज्य इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बौद्धिक चर्चाएं युवा कलाकारों के शिविर सेमिनार साहसिक कायोँ से संबंधित कार्यक्रम और मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं शामिल होंगी युवा महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी प्रदान किये जायेंगे केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष मेंट में कहा कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक नौजवान की भूमिका होनी चाहिए और राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसी सोच पर आधारित है

इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का भूगतान किया गया है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

फिल्मोत्सव इक्यावन वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी के लिए अनेक कार्यक्रमो की घोषणा की गई है जो ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रदर्शित किये जायेंगे

कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार हाइब्रिड फिल्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें कुछ फिल्में मंच पर और कुछ ऑनलाइन दिखाई जायेंगी इस वर्ष पहली बार इफ्फी अपने दर्शकों के लिए ओटीटी प्लेटफार्म पर कुछ कार्यक्रम आयोजित करेगा इनमें स्पेन के फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोयदोवर की लाइव फ्लेश बैड एजूकेशन और वोलिवर जैसी फिल्में शामिल है इस बार के फिल्म महोत्सव के विशेष खण्ड कंट्री इन फोकस में बांग्लादेश की चार फिल्में दिखाई जायेंगी